केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन कल आम बजट पेश करेंगी

शनिवार से अच्छी बारिश की उम्मीद आर्थिक समीक्षा में वर्ष दो हजार उन्नीस बीस के लिए सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर सात प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है भारतीय अर्थव्यवस्था दो हजार अठारह उन्नीस में छह दशमलव आठ प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है मोटे तौर पर आर्थिक स्थिरता बनी रहेगी वित्त और कॉरपोरेट कार्यमंत्री निर्मला सीतारमन ने आज संसद में वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस की आर्थिक समीक्षा पेश करते हुए कहा कि दो हजार पच्चीस तक भारत को पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सपने को साकार करने के लिए भारत को तेजी से प्रगति करनी होगी उन्होंने कहा कि इसके लिये सकल घरेलू उत्पाद की वास्तविक वृद्धि दर आठ प्रतिशत बनाये रखनी होगी आर्थिक समीक्षा में निजी निवेश रोजगार निर्यात और मांग पर आधारित विशेष रणनीति तैयार करने की सिफारिश की गई है वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने अच्छा प्रदर्शन किया है सरकार ने सुनिश्चित किया है कि आर्थिक व्रद्धि और ब्रहत आर्थिक स्थिरता के लाभ समाज के निचले तबके तक पहुंचे समीक्षा में यह भी कहा गया है कि दो हजार अठारह में वृद्धि दर के मामले मे चीन को पछाड़ कर भारत ने विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए लंबी छलांग लगाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दो हजार अठारह उन्नीस का आर्थिक सर्वेक्षण पचास खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करने की परिकल्पना को रेखांकित करता है उन्होंने टवीट करके कहा कि सर्वेक्षण में सामाजिक क्षेत्र प्रौद्योगिकी को अपनाने और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लाभों को दर्शाया गया है वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन कल लोकसभा में कोन्द्रीय बजट पेश करेंगी यह नरेन्द्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल लोकसभा में पेश होने वाले केन्द्रीय बजट दो हजार उन्नीस बीस पर दिनभर विशेष कार्यक्रम प्रसारित करेगा इस कार्यक्रम में हमारे यू ट्यूब चैनल न्यूजऑनएआईआरऑफिशियल पर सुबह दस बजकर दस मिनट से बजट से पहले चर्चा वित्त मंत्री के भाषण का सीधा प्रसारण विशेष बजट बुलेटिन और स्टूडियो में विशेषज्ञों से बजट पर चर्चा प्रसारित होगी दिनभर ताजा समाचारों के लिए आप हमारे ट्वीटर हैंडल एट द रेट एआईआर न्यूज अलटर्स और आधिकारिक फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो को फॉलो कर सकते हैं विधानसभा में आज सूखे की स्थिति को लेकर विपक्षी दल राजद कांग्रेस और भाकपा माले के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाकपा माले के सत्यदेव राम और कांग्रेस के अवधेश कुमार सिंह ने सूखे की समस्या को लेकर कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया इस पर सभाध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाने का आग्रह किया इसके बाद प्रश्नोत्तरकाल शुरू हुआ प्रश्नोत्तरकाल के समाप्त होने के बाद एक बार फिर कांग्रेस राजद और भाकपा माले ने सूखे की स्थिति को लेकर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया जिसे अस्वीकार कर दिया गया सभाध्यक्ष ने इसके बाद शुन्यकाल की सूचना पढ़ने के लिये सदस्यों का नाम पुकारा इस पर विपक्ष के सदस्य हंगामा और नारेबाजी करने लगे हंगामा शांत नहीं होता देख विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने सदन की कार्यवाही दिन के दो बजे तक के लिये स्थगित कर दी भोजनावकाश के बाद जब दोबारा कार्यवाही शुरू हुई तब उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और इस सत्र में पहली बार सदन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के बीच तीखी नोकझोंक हुई श्री मोदी ने नेता प्रतिपक्ष के अठाईस साल की उम्र में ही करोड़ों रूपये की संपत्ति अर्जित करने का मामला उठाया इस पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस मामले की बात उप मुख्यमंत्री कर रहे हैं उसमें अभी तक उन पर आरोप पत्र भी दाखिल नहीं किया जा सका है उन्होंने दावा किया कि उन पर दर्ज सभी केस झूठे हैं इधर विधान परिषद् में आज कार्यवाही सामान्य रूप से चली सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही राजद के सुबोध कुमार ने एईएस से प्रदेश में बच्चों की हो रही मौत पर कार्यस्थगन प्रस्ताव दिया जिसे कार्यकारी सभापति हारूण रशीद ने अस्वीकृत कर दिया अल्पसूचित प्रश्नों के माध्यम से प्रदेश में जल संकट से जुड़ी समस्याओं को सदस्यों ने उठाया वहीं शून्यकाल के दौरान नियोजित शिक्षकों और टीईटी पास अभ्यर्थियों का मामला उठाया गया भोजनावकाश के बाद कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने विभागीय आय व्यय पर जवाब देते हुए कहा कि सरकार अनाज उत्पादन के साथ साथ दुग्ध उत्पादन मछली उत्पादन और गन्ना उद्योग को समृद्ध करने में जुटी है उन्होंने कहा कि सरकार कृषि अनुसंधान केन्द्र खोलने और नये कृषि कॉलेजों की स्थापना के लिये लगातार काम कर रही है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि थर्मोकोल से निर्मित एक ही बार इस्तेमाल होने वाले सामानों को प्रतिबंधित किया जाएगा आज विधान परिषद् में एक ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में श्री मोदी ने कहा कि सरकार जल्द ही इस संबंध में फैसला करेगी उन्होंने बताया कि पॉलीथीन कैरी बैग के उपयोग करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है वहीं शनिवार से अच्छी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र से गुजर रही ट्रफ लाईन के अलग अलग क्षेत्रों में बंट जाने के कारण अगले चौबीस घंटों तक हल्की ब्रंदाबांदी होगी इसके बाद एक बार फिर मॉनसून के अनुकूल स्थितियां बनने से प्रदेश भर में अच्छी बारिश की संभावना है पिछले चौबीस घंटों के दौरान सबौर में सबसे अधिक चौबीस दशमलव दो मिलीमीटर बारिश रिकार्ड की गयी वहीं भागलपुर में बाईस मिलीमीटर बारिश हुई है सीतामढ़ी के पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में मेजरगंज के थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है वहीं भागलपुर जिले के नाथनगर थाना के दारोगा विजय सिंह को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने बताया कि निलंबित दारोगा का वाहनों से वसूली करते हुये वायरल हुए वीडियो के सही पाये जाने पर ये कार्रवाई की गयी है द्रसरी तरफ दरभंगा जंक्शन स्थित आरपीएफ के पोस्ट प्रभारी विनोद कुमार विश्वकर्मा को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है समस्तीपुर रेल मंडल के आरपीएफ के कमान्डेंट अंशुमान राम त्रिपाठी ने बताया कि निलंबित कर्मी के खिलाफ दरभंगा जंक्शन पर निम्न गुणवत्ता वाले बोतल बंद पानी की बिक्री करवाने का आरोप था प्रदेश से हज यात्रियों का पहला जत्था आज गया हवाई अड्डे से मदीना के लिये रवाना हुआ

गया के जिलाधिकरी अभिषेक सिंह बिहार राज्य हज कमिटी के अध्यक्ष इलियास हुसैन और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रशीद हुसैन ने सभी को गुलाब का फूल देकर विदा किया आज से पंद्रह ज़ुलाई तक गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड़डे से छत्तीस सौ से अधिक हज यात्री उड़ान भरेंगे भोजपुर जिले के बिलौटी रिथित कस्तुरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छह छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोप में पुलिस ने दो गार्ड समेत पांच लोगों को हिरासत में लिया है बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के महदह गांव के पास अपराधियों ने प्रखंड विकास समिति सदस्य की गोली मारकर हत्या कर दी गया जिले के विष्णुपद थाना क्षेत्र के फल्गु पुल के पास अपराधियों ने सैप जवान की गोली मारकर हत्या कर दी वहीं पटना के दीघा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक चाय दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी खगड़िया जिले के नगर थाना क्षेत्र के अलग अलग ठिकानों पर प्रलिस ने छापेमारी कर चार लोगों को शराब और गांजा के साथ गिरफ्तार किया है छपरा स्थित एक त्वरित अदालत ने तिहरे हत्याकांड के दस साल पुराने एक मामले में सात दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है शेखपुरा जिले के बरबीघा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने देर रात कई ट्रकों में लूटपाट की पुलिस के पहुंचने पर अपराधी फायरिंग करते हुए भाग गये बेगूसराय शहर में पुलिस ने छापेमारी कर अवैध लॉटरी का धंधा करने वाले पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और अब अंत में मुख्य समाचार संसद में आज आर्थिक समीक्षा पेश की गयी

केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन कल आम बजट पेश करेंगी

शनिवार से अच्छी बारिश की उम्मीद